आज ग्रेटर नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने ब्लू लाइन मैट्रो के छः दशमलव छः किलोमीटर नोएड सिटी सेन्टर नोएडा इलेक्ट्रोनिक सिटी खंड का उद्घाटन किया यवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए हैं नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रोनिक सेंटर तक चलने वाली मैट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिये उत्तरप्रदेश के खुर्जा में और बिहार के बक्सर में एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट क्षमता वाले ताप बिजली घर की आधारशिला रखी इस अवसर पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक सभा को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नोएडा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का मुख्य केन्द्र बन गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं रोजगार के नए अवसरों से है मेरा देश मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है आगे बढ़ रहा है नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह से पहले यहां मोबाइल बनाने वाली केवल दो कम्पनियां थी लेकिन आज इनकी संख्या एक सौ पच्चीस हो गयी है श्री मोदी ने कहा कि जेवर में एक बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जिससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है इससे जूड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है और इससे नोएडा की एयर कनेक्टिवीटी दूसरे शहर से जुड़ जाएगी

प्रधानमंत्री ने पिछले साढ़े चार वर्ष के एनडीए सरकार के शासनकाल में चालू की गर्यी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा दिया इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने भी जनसभा को संबोधित किया भारत ने कहा है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई सफल रही है और इससे अपेक्षित नतीजे हासिल हुए हैं भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान नए विचारों के साथ नया पाकिस्तान बनने का दावा करता है तो उसे अपने यहां मौजूद आतंकी ढांचे और आतंकवादी संगठनों पर नई कार्रवाई करनी चाहिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लगातार किए जा रहे अपने दावों के अन्रूप सीमापार से आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे धौलाक्आं फ्लाईओवर और अन्य परियोजनाओं से यातायात की भीड़माड़ में निश्चित रूप से कमी आएगी और वायु गुणवत्ता सुधरेगी श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आठ लेन के द्वारका एक्सप्रेस वे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करते हुए कल यह बात कही रामजन्मूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य सुग्रीवकिला पीठाधीश्वर स्वामी जगदगुरु रामानुजाचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का आज सुबह अयोध्या में निधन हो गया वे निन्यानबे वर्ष के थे वे ब्रह्मलीन योगी देवराहा बाबा के शिष्य थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरूषोत्तमाचार्य जी महराज के स्वर्गवास पर गहरा दुख व्यक्त किया है झांसी जिले के सभी आंगनबाड़ी उप केंद्रों पर किशोरी दिवस व पोषण पखवाड़े की शुरुआत हुई जो बाईस मार्च तक चलेगा इस पखवाड़ा में किशोरियों को एनीमिया की जांच व पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी आज पहले दिन ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण दिवस और क्पोषित और अति क्पोषित बच्चों का चयन किया गया मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि सभी का विवरण जन आंदोलन एप पर दर्ज होगा इस कार्यक्रम के तहत कृपोषित किशोरियों को चिहित कर उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा पखवाड़े में किशोरियों की ऊंचाई वजन की माप आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा की गई तथा एएनएम ने किशोरियों के खून की जांच की